वहीं डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी का एक जवान भी घायल हो गया है पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कोबरा बटालियन डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम गश्त पर निकली हुई थी इसी दौरान चिंतलनार इलाके में तिम्मापुरम और मोरपल्ली के बीच घात लगाकर बैठे माओवादियों ने दो आईईडी विस्फोट किए और फायरिंग शुरू कर दी जवानों द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई में दो माओवादी मारे गए जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी वहां से भाग खड़े हुए बाद में घटनास्थल की तलाशी के दौरान जवानों ने दो माओवादियों के शव के साथ ही भरमार बंद्रक और पिस्टल बरामद किए हैं इस बीच कांकेर जिले के धुत्ता गांव के पास सुरक्षा बलों ने गश्त के दौरान दो कुकर बम बरामद किए हैं हाईकोर्ट आरक्षक भर्ती परीक्षा आरक्षक भर्ती परीक्षा मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दायर की गई सभी इकतालीस याचिकाओं को खारिज कर दिया है राज्य सरकार ने दो हजार से अधिक आरक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करके नई प्रक्रिया अपनाई थी इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हए अपना फैसला सुरक्षित रखा था गौरतलब है कि राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के शासनकाल में पुलिस विभाग में आरक्षकों के दो हजार से अधिक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन निकला था राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भर्ती की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया था साथ ही एक नई अधिसूचना जारी कर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी इसे लेकर हाईकोर्ट में करीब इकतालीस याचिकाएं दायर की गई थीं

इस सम्मलेन को संबोधित करते हुए राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि कृषि ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण किया जा सकता है इसके लिए जरूरी है कि कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए युवाओं को प्रेरित किया जाए जिससे कृषि को उद्योग के रूप में परिवर्तित किया जा सके राज्यपाल ने जैविक खेती को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि परम्परागत और पुराने बीजों का संरक्षण किया जाना जरूरी है उन्होंने आदिवासी अंचलों में कोदो कुटकी जैसी फसलों की खेती को प्रोत्साहित करने की जरूरत भी बताई दो दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति भाग ले रहे हैं

कक्षा बारहवीं की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होंगी वहीं कक्षा दसवीं की परीक्षाएं तीन मार्च से प्रारंभ होंगी ये परीक्षाएं प्रातः नौ से दोपहर साढ़े बारह बजे तक ली जाएंगी

इसमें विधायक गुलाब कमरो और अम्बिका सिंह देव उपस्थित थे कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यगीत अरपा पैरी के धार से किया गया कार्यक्रम स्थल पर महिला विकास विभाग द्वारा छतीसगढ़ी व्यंजनों पर आधारित स्टॉल लगाए गए थे इस महोत्सव में विकासखण्ड स्तर पर चुने हुए प्रतिभागी शामिल हुए जिला स्तरीय महोत्सव के विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तरीय महोत्सव में शामिल होने का मौका मिलेगा

उन्हें इस प्रभार के साथ ही विमानन विभाग के संचालक और कृषि तथा गन्ना आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया के निजी स्थापना से कल्याण आयुक्त अजितेश पाण्डेय को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया है इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी छत्तीसगढ़ राज्य शाखा के अध्यक्ष सोनमणि बोरा ने जिला शाखा के सभी अध्यक्षों को पत्र भेजकर रेडक्रॉस समिति द्वारा किये जाने वाले कार्यो में नवाचार को शामिल करने के लिए कहा है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में ट्रेनिंग कम लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर तथा रूर्बन मिशन में विशेषज्ञ और डॉटा एंट्री ऑपरेटर सह लेखापाल के पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के अलावा साक्षात्कार और कौशल परीक्षण सोलह और सत्रह दिसम्बर को लिया जाएगा बलरामपुर रामानुजगंज जिले के रघ्नाथ नगर वन परिक्षेत्र में हाथी शावक के हमले में दस वर्षीय एक बालिका की मौत हो गई पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय पुरूषोत्तम लाल कौशिक के पुत्र दिलीप कौशिक से चार करोड रूपये की धोखाधड़ी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने एक दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है